प्र धानमंत्री नरेन् द्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के फैसले से फिर भारत की जीत हु ई है

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं उन्होंने इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को बधाई दी है

देशभर में इस समय लोकसभा की पांच सौ बयालीस सीटों पर मतगणना जारी है इन चुनावों में आठ हजार से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला हो रहा है इस बार कुल पांच सौ तैंतालीस में से पांच सौ बयालीस सीटों के लिए मतदान हुआ है

वहीं कांग्रेस दो सीटों बस्तर और कोरबा में आगे हैं बस्तर सीट से कांग्रेस के दीपक बैज अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी बैद्राम कश्यप से लगभग उनतालीस हजार मतों से बढ़त बनाए हुए है वहीं कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत लगभग ग्यारह हजार मतों से आगे चल रही हैं वहीं महासमुंद सीट पर भाजपा के चुन्नीलाल साहू कांग्रेस के धनेन्द्र साहू से करीब नवासी हजार वोटों से आगे चल रहे हैं कांकेर सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है यहां से भाजपा के मोहन मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर से पांच हजार मतों से आगे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सबसे निर्णायक बढ़त दुर्ग सीट पर बनाई है यहां पर भाजपा के विजय बघेल कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर से तीन लाख नब्बे हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं वहीं रायपुर से भाजपा के ही सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे से तीन लाख अड़तालीस हजार से अधिक मतों से बढ़त बना ली है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की गोमती साय कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया से करीब छियासठ हजार वोटों से आगे चल रही हैं जांजगीर चांपा से भाजपा के गुहाराम अजगले कांग्रेस प्रत्याशी रवि परसराम भारद्वाज से बयासी हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं राजनांदगांव सीट से संतोष पांडेय कांग्रेस के भोलाराम साहू से एक लाख ग्यारह हजार से अधिक वोटों की लीड़ बनाए हुए हैं वहीं बिलासपुर से भाजपा के अरूण साव भी कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव से एक लाख चालीस हजार से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं सरगुजा से भाजपा की रेणुका सिंह निर्णायक बढ़त की ओर है उन्होंने कांग्रेस के खेलसाय सिंह से डेढ़ लाख से अधिक वोटों से बढ़त बना ली है

अब तक हुई मतगणना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लगभग पचास प्रतिशत वहीं कांग्रेस को करीब इकतालीस प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं प्रदेश में अभी तक कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया है गौरतलब है कि इस चुनाव में पहली बार वोटिंग मशीनों से मिले परिणाम का वीवीपैट से मिलान किया जा रहा है यह प्रक्रि या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनिंदा पांच मतदान केन्द्रों पर की जाएगी इस कारण अंतिम परिणाम देर शाम तक ही घोषित होने की उम्मीद है मतगणना पिछला चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो वर्ष दो हजार चार दो हजार नौ और दो हजार चौदह में हुए बीते तीन चुनावों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है इन तीनों चुनावों में राज्य की ग्यारह में से दस सीटों पर भाजपा ने तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी वर्ष दो हजार चार में महासमुंद से कांग्रेस के अजीत जोगी दो हजार नौ में कोरबा से कांग्रेस के चरणदास महंत और दो हजार चौदह में दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जीत हासिल कर पाए थे चुनाव प्रति िक्र या रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है उन्होंने कहा कि भाजपा की बड़ी जीत मोदी के नाम और मोदी के काम के कारण ही संभव हो पाई है उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बीते पांच वर्षों के कार्यकाल में देश की आम जनता के हित में जो काम किए है वह अभूतपूर्व हैं डॉक्टर सिंह ने भाजपा पर विश्वास करने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशवासियों को धन्यवाद दिया है लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल रही शानदार बढ़त से पार्टी में जश्न का माहौल है राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय में पटाखों और बाजे गाजे के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई भाजपा की जीत की खबर मिलते ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यालय पहुंच गए

वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर सीट से साढ़े पांच लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से करीब चौबीस हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं हालांकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से निर्णायक बढ़त बना ली है वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी रायबरेली सीट से एक लाख छियासठ हजार से अधिक बोटों से आगे चल रही हैं लखन ऊ से भाजपा के राजनाथ सिंह ने तीन लाख चौबीस हजार से अधिक मतों की निर्णायक बढ़त बना ली है वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से एक लाख ग्यारह हजार से अधिक मतों से लीड बना ली है मध्यप्रदेश के प्रमुख नेताओं की बात करें तो भोपाल सीट से भाजपा की साध्यी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से तीन लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं वहीं गुना सीट से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग सवा लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं मध्यप्रदेश की उनतीस में से अट्ठाईस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि केवल एक सीट पर कांग्रेस आगे है छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल कमलनाथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी से करीब सैंतीस हजार वोटों से आगे चल रहे हैं विधानसभा परिणाम वहीं चार राज्यों आंध्रप्रदेश ओडिशा सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव की मतगणना भी आज हुई

वहीं कांग्रेस को तीन सीट पर विजयी मिली है

जबकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को तेरह सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं प्र धानमंत्रीभाजपा अध्यक्ष प्र धाानमंत्री नरेन द्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के फैसले से फिर भारत की जीत हु ई है उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यदि हम सब एक साथ एकजुट हों तो एक मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण संभव होगा उन्होंने कहा कि भारत साथ मिलकर विकसित और समृद्व बनेगा उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में सबका साथ सबका विकास नारे के साथ सबका विश्वास और विजयी भारत नारा भी जोड़ा वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह परिणाम विपक्ष द्वारा किये गये दुष्प्रचार झूठ व्यक्तिगत आक्षेप और आ धारहीन राजनीति के विरुद्ध भारत का जनादेश है आज का जनादेश यह भी दिखाता है कि भारत की जनता ने देश से जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण को पूरी तरह से उखाड़ फेंककर विकासवाद और राष्ट्र वाद को चुना है इस बीच खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्ट र्थे संसदीय बोर्ड की बैठक आज न ई दिल्ली में पार्ट र्प मुख्यालय में होगी प्र धानमंत्री नरेन् द्व मोदी और पार्ट र्प के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे श्री मोदी इस दौरान पाट र्वी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे भाजपा ने जीतने वाले अपने सभी सांसदों को शनिवार तक दिल्ली आने को भी कहा है इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और जनता ने स्पष्ट निर्णय दिया है